वहीं आकाशवाणी शिमला के प्राईमरी चैनल व एफएम के अलावा आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी बजट का सीधा प्रसारण होगा बतौर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल का ये दूसरा बजट है मतदाता जागरूकता राज्य के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डी के रत्तन ने कहा है कि आगामी लोक सभा चुनाव में सभी विभागों और आम जनता की सकिय भागीदारी से मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाएगा शिमला में कल विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा डीके रत्तन ने कहा कि दिव्यांगों के लिए भी सुविधाएं बढ़ाई जाएगी ताकि वे सुगमता से मतदान केंद्रों तक पहुंच सके

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल भी स्वाईन फ्लू की चपेट में आ गए हैं बिंदल ने बताया कि डाक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह देते हुए उनके सम्पर्क में आए लोगों को भी जांच करवाने कहा है विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगर डॉक्टर उन्हें स्वस्थ्य घोषित करेंगे तो वे सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र में उपस्थित रहेंगे

इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद सभी सदस्यों से स्वाईन फ्लू का टेस्ट करवाने का आग्रह किया

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को यातायात नियमों की जानकारी होना आवश्यक है उन्होंने लोगों से नशे से दूर रहने नशे के उपरांत वाहन न चलाने का आह्वान किया

ये सभी उड़ानें मौसम पर निर्भर करेंगी

अजीत समाचार के अनुसार शिमला ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर जनजीवन प्रभावित

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पेश करेंगे अपना दूसरा बजट शीर्षक से अमर उजाला लिखता है हिमाचल बजट आज पहली बार देख सकेंगे लोग लाइव पंजाब केसरी की सुर्खी है जयराम आज पेश करेंगे बजट नियमित व अनुबंध कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है सरकार दैनिक भास्कर के शब्द हैं जयराम सरकार का दूसरा बजट आज हर वर्ग को खास उम्मीदें हिमाचल दस्तक की एक ख़बर है बजट सत्र के तुरंत बाद उद्यमियों से एमओयू सरकार ने चुनाव के कारण बदली इन्वेंस्टर मीट की रणनीति

हिमाचल दस्तक के अनुसार अर्थव्यवस्था में सुधार प्रति व्यक्ति आय बढ़ी

अब एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय बजट से उम्मीदें में लिखता है हिमाचल के बजट से प्रदेश के हर वर्ग को आस है उम्मीद है बजट लोगों की आशा के अनुरूप होगा ताकि प्रदेश प्रगति पथ पर अग्रसर हो सके दिव्य हिमाचल अपने संपादकीय मेलों का ऑडिट में लिखता है कि प्रदेश को मेला प्राधिकरण का गठन करके तमाम मेलों की संगठित क्षमता को पर्यटन से जोड़ना होगा ताकि इससे अर्जित वित्तीय व सांस्कृतिक ऊर्जा का इस्तेमाल उदेश्य पूर्ण ढंग से हो सके